राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में समाज कल्याण कृषि तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लगेगा टीका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

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लडाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की दो तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा

राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत अब समाज कल्याण कृषि तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जायेगा चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इन विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का कल से पंजीकरण शुरू हो गया है इन्हें सोमवार से टीके लगाये जायेंगे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

आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृतियों से जनकल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन होने के साथ ही प्रदेशवासियों को इनके माध्यम से राहत मिल सकेगी वही जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है

संसद में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक सौ नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है

महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से कल आशा सहयोगीनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की गौरतलब है कि प्रदेश की साढ़े पांच हजार आशा सहयोगीनियां अपना मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर थीं

राजधानी जयपुर में भी लोगों ने भूकम्प के झटके महसूस किए और घरों से बाहर निकल आए

श्रीगंगानगर के केसरीसिंहपुर और आसपास के इलाको में भी भूकम्प के तेज झटके महसूस किए गए

वर्कशॉप में केरला म्यूरल के बेसिक्स प्रोसेंस और उपयोग में आने वाला मटेरियल उसके इतिहास महत्व कलर्स ड्राइंग और शेडिंग के बारे में सिखाया जाएगा